भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल आजमगढ़ जौनप्र और प्रयागराज में किया चुनावी रैलियों को संबोधित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर फैसला आने तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज उच्चतम न्यायालय आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की करेगा सुनवाई लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकर नगर श्रावस्ती इमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही संसदीय सीट के लिये बारह मई को वोट डाले जायेंगे इस चरण में एक सौ सतहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

प्रयागराज जिले की फूलपुर संसदीय सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है

आजमगढ़ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस ने उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है जबकि भाजपा ने लोकगायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये प्रचार चरम पर पहुंच गया है प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियां और रोड शो करके मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिये जूटे हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल आजमगढ़ और जौनपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित किया आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहआ के लिये प्रचार करते हुए उन्होंने जनता से मजबूत सरकार के पक्ष में समर्थन देने की अपील की श्री मोदी ने सपा बसपा गठबंधन को महामिलावटी बताते हुए कहा कि गठबंधन से बनी सरकार से देश को खतरा होता है और ऐसी सरकार मे अराजकता और अस्थिरता बढ़ती है उन्होंने ऐसे लोगों से साक्यान रहने की जनता को हिदायत दी उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में आजमगढ़ की साख के साथ खिलवाड़ किया गया जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो उसके तार आजमगढ़ से जोड़े जाते थे याद कीजिये आजमगढ़ की साख के साथ इन लोगों की सरकार के समय किस तरह का खिलवाड़ किया गया जब भी कोई आतंकी हमला होता था तो उसके तार खोजते खोजते एजेंसिया आजमगढ़ पहुंच जाती थी आखिर ऐसा क्यूं हो रहा था क्या वजह थी कि भाइयों और बहनों यहां जो सपा और बसपा के नेता थे जो दिल्ली में सरकार थी वह सिर्फ वोट के लिये आतंक के मददगारों को पनाह दे रही थी प्रधानमंत्री ने कहा वोट बैंक और जातीय समीकरण की राजनीति करने वाले महामिलावटी लोगों ने देश को खतरे में डाल दिया है और इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को भारत पर हावी होने का मौका दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार चौदह के बाद आजमगढ़ का नाम कभी आतंकियों से नहीं जुड़ा आतंकी सिर्फ जम्मू कश्मीर और सीमा के छोटे से हिस्सों तक सिमट कर रह गये

आतंकी सिर्फ जम्मू कश्मीर और सीमा के छोटे से हिस्सों तक सिमट क्यों गये भाइयों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने आतंक के खिलाफ देशहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्रवाई की है हमने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों पर प्रहार किया है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां घोटाले और घपले नहीं हए है कांग्रेस के दस साल के शासन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां घोटाले और घपले नहीं हुए साथियों जब भ्रष्ट और मजबूर सरकार होती है तो वह चुनौतियों को न सह पाती है न चुनौतियों से लड़ पाती है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा सभी ने जाति के नाम पर वोट मांगे लेकिन कभी भी गरीब परिवारों की चिंता नहीं की उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिल रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा की दोबारा सरकार बनने पर छोटे द्कानदारों को पेंशन की सुक्धि का केवच दिया जायेगा और हमारी सरकार दो हजार बाईस तक हर गरीब को पक्का घर देने के संकल्य पर काम कर रही है उधर प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने नए मतदाताओं से वोट डालने की अपील की रैली को भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया श्री योगी ने कहा कि जो लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं वह मोदी का विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह में लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया था लेकिन दो हजार उन्नीस में मोदी जी का नाम भी है और काम भी है पूरे देश के अन्दर पूरब में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में महिला पुरूष बुजुर्ग नौजवान जो भी मिला चारों और एक ही नारे की गूज है और वह गूज है फिर एकबार मोदी सरकार की

उधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संतकबीर नगर श्रावस्ती ड्मरियागंज में जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग ओर जाति के लोगों का विकास कर रही है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और उन्हें मुफ्त इलाज के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है वहीं प्रतापगढ़ और जौनप्र में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देशभर में किसान परेशान है जीएसटी और नोटबंदी से देश में बेराजगारी दढ़ी है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कल डुमरियागंज संसदीय सीट के सिद्वार्थनगर में जनसभा को संबोधित किया उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की नागरिकता के मामले पर फैसला आने तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका कल खारिज कर दी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पीठ ने यह याचिका खारिज की याचिका में कहा गया था कि दो हजार पांव छः में ब्रिटेन की एक कम्पनी ने अपने वार्षिक आंकड़ों में कथित रूप से राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक दर्ज किया था न्यायालय ने कहा कि किसी कम्पनी के किसी दस्तावेज में ब्रिटिश नागरिक लिखे जाने से कोई व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं हो जाता उच्चतम न्यायालय आज राम जन्मग्रमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई करेगा मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के तलाश के लिए एक मध्यस्थता समिति गठित की गयी थी न्यायालय की पांच जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी आठ मार्च को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बाद मामले की आज पहली सुनवाई होगी देशभर में कल आदि शंकराचार्य की जयन्ती श्रद्वा और भक्तिभाव से मनाई गई शंकराचार्य ने बाल्यकाल में ही वेद वेदांग और अन्य शास्त्रों का अध्ययन पूरा कर लिया था उन्होंने देश की चारों दिशाओं बद्रिका आश्रम द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी और श्रंगेरी में आचार्य पीठों की स्थापना कर सनातन धर्म को पूनः स्थापित किया कल ही गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाक्र महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की भी जयती मनाई गयी इस अक्सर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की